मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में वृद्वापेंशन योजना की राशि बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी गई मंजूरी केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पूर्व परामर्श बैठक में बेरोजगारी और गरीबी समाप्त करने के उपायों पर दिया बल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार के सभी विभागों को आज़ादी के पचहत्तर वर्ष से जुड़े महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए श्री मोदी नई दिल्ली में अपने आवास पर केन्द्र सरकार के सभी सचिवें के साथ बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि इससे लोगों को देश को बेहतर बनाने में योगदान की प्रेरणा मिलेगी प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया पहल के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सभी मंत्रालय स्पष्ट लक्ष्यों के लिये पंचवर्षीय योजना दस्तावेज़ तैयार करें उन्होंने इस संदर्म में स्पष्ट प्रगति की ज़रूरत पर भी बल दिया श्री मोदी ने समी मंत्रालयों के सचिवों से कहा कि वह भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम करे उन्होंने कहा कि व्यापार को आसान बनाने में भारत की प्रगति छोटे कारोबार और उद्योगों के लिये ज़्यादा से ज़्यादा सुविधायें और सुगमता नज़र आनी चाहिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अपनी नई मंत्रिपरिषद की पहली बैठक करेंगे समझा जाता है कि प्रधानमंत्री अपनी सरकार के कार्यक्रमों और कार्ययोजनाओं के बारे में बैठक में जानकारी देंगे आज मंत्रिमंडल की भी बैठक आयोजित की गई है राज्य सरकार ने वृद्वावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान की जा रही पेंशन राशि में सौ रूपये की बढ़ोत्तरी कर दी है यह फैसला कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया इस योजना के तहत साठ वर्ष से उन्यासी वर्ष की आयु के लाभार्थियों को अब पेंगन राशि के रूप में पांच सौ रूपये प्रतिमाह मिलेंगे अब तक इस योजना के तहत लाभार्थियों को चार सौ रूपये मासिक मिल रहे थे जबकि अस्सी वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्वजनों को पांच सौ रूपये प्रतिमाह की धनराशि शत प्रतिशत केन्द्रांश से पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली दो हजार उन्नीस को मंजुरी प्रदान कर दी है

बैठक में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयूर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में सीनियर रेज़िडेन्ट के पद पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयू सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया गया है निर्णय के अनुसार इस पद पर नियुक्ति के लिये आयु सीमा सैंतीस वर्ष निर्धारित कर दी गई है अनुसूवित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अम्यर्थियों के मामले में आय सीमा में पांच वर्ष की छट रहेगी मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में माइक्रो ब्रिवरी की स्थापना के लिये उत्तर प्रदेश माइक्रो ब्रिवरी नियमावली दो हज़ार उन्नीस के जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है निर्णय के अनुसार माइक्रो ब्रिवरी स्थापना के लिये लाइसेंस फीस पच्चीस हज़ार रूपये से बढ़ा कर ढाई लाख रूपये कर दी गई है माइक्रो ब्रिवरी की स्थापना के लिये कोई व्यक्ति जो होटल रिज़ार्ट रेस्टोरेन्ट और वाणिज्यिक क्लब के लिये बार लाइसेंसधारी हो संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से आबकारी आयुक्त को आवेदन कर सकेगा इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी है उनमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायदरेली की भूमि पर बने भवनों का ध्वस्तीकरण और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस में जारी वित्तीय स्वीकृतियां शामिल है केन्द्र सरकार अल्पसंख्यक छात्रों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए अगले पांच साल में पांच करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देगी जिनमें पचास प्रतिशत लड़कियां शामिल हैं केन्द्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल नई दिल्ली में मौलाना आजाद फाउंडेशन की एक बैठक के दौरान कहा कि मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति दी जाएगी अत्पसंख्यक समाज शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर पिछड़ा हुआ है

उन्होंने कृषि तथा इससे संबद्ध क्षेत्रों और गैर कृषि क्षेत्र का विकास करके बेरोजगारी और गरीबी समाप्त करने के उपायों की जरूरत पर भी बल दिया वित्त मंत्री ने कल नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों से संबद्ध समूहों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श में कहा कि कृषि क्षेत्र की चिंतायें दूर करना मौजूदा सरकार की प्राथमिकता है

कैलाश मानसरोवर यात्रा कल से शुरू हो गई है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली से तीर्थ यात्रा के लिये पहला जत्था रवाना किया इस अवसर पर श्री जयशंकर ने कहा कि यात्रा के संचालन से संबंधित सभी सरकारी एजेंसियों से यात्रा के दौरान सुरक्षा और संरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता देने को कहा गया है उन्होंने कहा कि यात्रा के सिलसिले में हाल ही में सरकार ने जो जुरूरी कदम उठाये हैं उनमें नाथ्ला मार्ग को वाहनों से यात्रा के लिये खोलना शामिल है उन्होंने कहा कि इस यात्रा के लिये करीब तीन हज़ार आवेदन पत्र मिले हैं विदेश मंत्री ने तीर्थ यात्रा के आयोजन में चीन के सहयोग की सराहना की है उन्होंने कहा कि इस सहयोग से दोनों देशों के बीच मित्रता और समझ को प्रोत्साहन मिलेगा

बुन्देलखंड सहित अन्य क्षेत्रों में कई स्थानों पर तापमान में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है तेज़ गर्मी की वजह से आम जन जीवन प्रभावित है और अनेक जगहों पर पानी का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है बांदा उन्चास डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा वहीं झांसी में अड़तालीस डिग्री सेल्सियस तापमान रिकार्ड किया गया

हालांकि बीती रात कुछ स्थानों पर धूल भरी आधियों और गरज चमक के साथ बरसा के कारण तापमान में कुछ कमी आई है मौसम विमाग ने राज्य में गर्मी और लू जारी रहने की चेतावनी जारी है वहीं आज कुछ स्थानों पर धूल भरी आधियां और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संगवना जताई है आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से में मुल्तान सिंह यादव जौनपुर में अधिकतम तापमान साढ़े सैंतालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है कन्नौज में कई दिनों से तापमान तैंतालीस से छियालीस डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है कल यहां का अधिकतम तापमान चौवालीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है

श्रद्वालु पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान पुण्य कर रहे हैं प्रयागराज में भारी संख्या में श्रद्वालुओं ने पवित्र गंगा नदी में स्नान कर के वहां के मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं वाराणसी के दशाश्वक्व घाट एवं मिर्जाप्र के बरियार घाट और कानप्र में गंगा मॉ की आरती एवं पूजन किया जा रहा है लखनऊ के मनकामेश्वर घाट पर गंगा दशहरा का पर्व ध्क्याम से मनाया जा रहा है कन्नौज अमरोहा फर्रूखाबाद में श्रद्वालू गंगा नदी के विभिन्न घाटो पर स्नान कर के पूजा पाठ कर रहे हैं आगरा में यमुना नदी में श्रद्वालु स्नान कर गंगा दशहरा का पर्व मना रहे हैं कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र में हाई वे पर कल शाम ककोड़हा गांव के पास एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई जिससे तीन बच्चों के साथ उनके पिता की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी घायल मॉ की हालत गम्भीर है जिन्हें प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है ये सभी लोग पथरावां गांव के निवासी हैं